मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफें सिंग के माध्यम से ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं ऐसे में घर वापसी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित स्वास्थ्य जांच और यात्रा का पूरा विवरण लेना आवश्यक है जयराम ठाकर ने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापिस आने वाले लोगों के परिजनों को उनके घर जाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थानों स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आए लोग निर्धारित समय तक होम क्वारंटीन की अवधि को पूरा करें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वापिस लाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं जयराम ठाक़र ने कहा कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेत ऐप डाउनलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑज यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी

निशंक ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की सही ढंग से स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच करने की जरूरत बताई है

राठौर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस महामारी और देश के सामने आने वाली ज्वलंत समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित है

किन्नौर जिले के विद्यार्थी इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित हैं

फसल कटाई कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि जिले में किसानों को फसल कटाई के लिए पूरी छूट दी गई है उन्होंने कहा कि इस दौरान जिले के सभी विकास खंडों में सामाजिक दूरी मास्क व हैंडवाँश का उपयोग करने के आदेश भी दिए गए हैं